अब तक जबलप्र में आठए उज्जैन और भोपाल में तीन तीनए शिवप्री और ग्वालियर में दो दो कोरोना संक्रमित मिलें हैं म्रैना में प्लिस गांधीगिरी के जरिये आम लोगों को अपनी और अपने परिवार की स्रक्षा के लिये घर में रहने का निवेदन कर रही है

पन्ना प्लिस ने कोरोना से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पर काम करने के लिये विशेष दस्ते तैयार किए हैं जिससे किसी भी कोरोना के मरीज की जानकारी मिलते ही प्लिस का यह दस्ता तत्काल मौके पर पहुंचेगा और उन मरीजों को कोरोना सेंटर में भर्ती कर आएगा ग्वालियर में संक्रमण को रोकने हेत् कलेक्टर ने सभी इंसीडेंट कमाण्डरों को अपने अपने क्षेत्रों में कम्य्निटी सर्विलेंस टीमों के माध्यम से कार्य में गति लाने के निर्देश दिए हैं सिंगरौली में अब सामाजिक सुरक्षाए विधवाए वृद्धावस्थाए निराश्रित पेंशन का दो माह का अग्रिम भुगतान किया जाएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हस्ताक्षर एवं फोटोयुक्त एक भ्रामक संदेश सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में ग्ना जिले में दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है

इन सभी को होम आईसोलेट किया गया है रतलाम जिले में मेडिसिन की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जा रही है

शिवप्री जिले में पश् आहार के परिवहन को लाकडाउन से म्क्त किया है वहींभाजपा ने जिले के पांच मंडल में जरूरतमन्द लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए मोदी किचिन आरम्भ किये है छिंदवाड़ा जिले के बिछ्आ विकासखंड के पांच गांवों के ग्रामीणों को महिला स्व सहायता समूह द्वारा मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है

इससे विद्यार्थी रेडियो के माध्यम से घर पर भी नियमित अध्ययन कर सकेंगे यह शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रदेश स्थित सभी प्राथमिक प्रसारण केन्द्रों और विविध भारती केन्द्रों से एक साथ प्रसारित होगा इसके साथ ही शिक्षकों और पालकों के व्हाट्सएप ग्र्प भी बनाये गए हैं इन ग्र्प्स में समय समय पर कक्षावार और विषयवार रोचक वीडियो अपलोड किए जाएंगे अब कुछ समाचार संक्षेप में प्रसिद्ध इतिहासकार एवं एनसीआरटी के पूर्व डीन प्रोफेसर अर्जुन देव का आज सुबह यहाँ एक अस्पताल में निधन हो गया